प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित राशन कार्डधारी पात्र परिवारों को अप्रेल मई और जून में प्रति परिवार एक किलो चना दाल का निःशुल्क वितरण किया जायेगा

कोरोना महामारी के कारण चल रहे लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत मिले गेहूं और दाल से राज्य के अनेक गरीब परिवारों श्रमिकों और दिहाड़ी मजदूरों को गुजर बसर में आसानी हुई है

उन्होंने बताया कि इस मदद से कोरोना संकमण से पैदा हुए हालात से निपटने में उनके परिवार को संबल मिला पाली जिले के भादुंडी गांव में अन्य योजना के तहत सामग्री बांटने की विशेष व्यवस्था की गई जिसमें सोशल डिस्टेसिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया प्रदेश में कोरोना संकमण की चुनौती से निपटने में दानदाता और आमजन बढचढकर सहयोग दे रहे है

उधर चूरू में पुलिस के जवानों ने अपनी यूनिफार्म के लिये आये हुए कपडे से मास्क तैयार कर आमलोगों में बांटने शुरू किये है

संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कल राज्यों के मुख्य महा डाकपालों और डाक विभाग के मुख्य महाप्रबंधकों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए एक बैठक में ये निर्देश दिए श्री रविशंकर प्रसाद ने सबसे निचले तबके और जरूरतमंद लोगों तक खाद्य वस्तुए तत्काल पहुंचाने के तौर तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति के लिए स्पीड पोस्ट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों से श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का अनुरोध किया है श्री गंगवार ने राज्य सरकारों के श्रम मंत्रियों को लिखे एक पत्र में कहा है कि कोरोना महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए घोषित किए गए लॉकडाउन के संदर्भ में श्रमिकों के मुद्दों को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार ने नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं श्रोताओं से निवेदन है कि वे कोरोना संकमण के संबंध में सोशल मीडिया पर आ रही भ्रामक जानकारियों को साझा न करें और घरों में ही रहें सतर्क रहें और आकाशवाणी समाचार सुनते रहें श्रोता कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी सहायता के लिए कोन्द्र और राज्य की ओर से जारी हेल्प लाइन नम्बर पर फोन कर सकते हैं